प्रदेश में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन केवल आपातकालीन सेवाओं और सफाई कार्यो की ही होगी अन्मति

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया

इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में बने हुए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं

प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में इसके उत्पादन के बारे में भी बताया गया उन्हें जानकारी दी गई कि स्टील संयंत्रों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन के स्टॉक को भी चिकित्सा उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाघ आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलिंडरों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे रही है प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के बारे में भी बताया गया केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेटिलेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन आज उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत इस बार कोविड से निपटने में पिछले साल की तुलना में बेहतर स्थिति में है लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया

दोनों ही राज्यों में कोविड संक्रमण के तेजी से बढने और मृत्यू दर में वृद्वि होने की खबर है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ के साथ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां एक लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं

इनमें लखनऊ कानपुर वाराणसी और प्रयागराज सबसे अधिक प्रमावित जिले हैं अस्पतालों में आईसीयुऔर ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की कमी से उत्यन्न स्थिति के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आइसोलेशन वाले बिस्तरों ऑक्सीजन के साथ वाले बिस्तरों वेंटीलेटर्स आईसीयू बिस्तरों और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करें इन राज्यों से कहा गया है कि वे सक्रिय मामलों की पहचान कर उपचार संबंधी राष्ट्रीय नियमों का पालन करके मृत्यु दर कम करने पर ध्यान दें

ऐसे अस्पतालों और विशेष ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्ण बंदी की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया उन्होंने कहा कि पूर्ण बंदी वाले दिन जागरूकता अभियान सहित आपात कालीन सेवाओं और साफ सफाई का काम जारी रहेगा यह पूर्ण बंदी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू होगी मृख्यमंत्री ने मास्क न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रूपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा प्रदेश में संक्रमण के इस समय एक लाख से अधिक रोगी हैं राज्य सरकार ने संक्रमण को और अधिक फैलने को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और जानकारी हमारे संवाददाता से प्रदेश भर के समी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हालांकि आपातकालीनसेवाएं चालू रहेंगी सरकार ने कहा है कि जो भी अस्पताल कोविड मरीजों को भर्ती करनेसे इन्कार करेंगे उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस बीच राजधानीलखनऊ में लगातार बिगड़ रहे कोरोना हालात के महेनजर बलरामपुर अस्पताल और किंग जॉर्जमेडिकल यूनिवर्सिटी को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है राज्य में होम आइसोलेशनमें मौजूद मरीजों को मेडिकल किट दी जाएगी जिसमें कम से कम एक हफ्ते की कोरोना की दवाएंमौजूद रहेगी सुशील चेन्द्र तिवारीआकारावाणी समाचारलाखनऊ प्रदेश में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है

प्रदेश सरकार कोरोना संकट के काल में भी औद्योगिक विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ा रही है

यह जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कल लखनऊ में दी

सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि पारम्परिक एवं आधुनिक खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये झांसी वाराणसी गोरखपुर एवं चित्रकूट में ट्वाय कलस्टर की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र को शीघ्र ही भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि स्फूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश में परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इसके लिये एक सौ अड़सठ प्रस्तावों पर कार्य किया जा रहा है